दस से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है वहीं बड़ी मात्रा में खेतों में रखी फसल और मंडियों तक पहुंची उपज को नुकसान हुआ है राजस्थान और उत्तरप्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र और राज्य से होकर गुजरी द्रोणिका के कारण मौसम में बदलाव आया और मंगलवार की रात को राजधानी सहित इदौर धार शाजापुर सीहोर उज्जैन खरगोन बड़वानी राजगढ़ सहित अन्य जिलों में बारिश हुई ओले गिरे और कई स्थानों पर बिजली भी गिरी इसके चलते इंदौर में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं छिंदवाड़ा धार रतलाम सीहोर आदि स्थानों पर भी जनहानि हुई है

वहीं ग्वालियर में हुई बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है शिवपुरी जिले में बीते दो दिनों में हुई बारिश ने कट चुकी फसल और खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है नामांकन लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रकिया षुरू हो गई

इस चरण में प्रदेश के सात लोकसभा सीटों टीकमगढ़ दमोह खजुराहो सतना रीवा होशंगाबाद एवं बैतूल सीटों पर चुनाव होंगे इन सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है

मतदान लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों से त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर कल दूसरे चरण में होने वाले मतदान को टाल दिया है

वहीं एक प्रत्याषी के ठिकाने से नकदी रकम मिलने पर तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किया गया है चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल के मद्देनजर आयोग ने यह कदम उठाया है वयजवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर संसदीय क्षेत्र से सशक्त दावेदार माने जा रहे कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया है विजयवर्गीय ने कहा है कि इंदौर की जनता कार्यकर्ता और शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं लोकसभा चुना लड़ूं पर हम सभी की प्राथमिकता समर्थ समृद्ध भारत के लिये नरेन्द्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की है पश्चिमबंगाल की मुझ पर जिम्मेदारी है इसलिये मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है

मंदिरों में सामूहिक पूजन का दौर जारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं ट्विट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान महावीर का जीवन और उनके अहिंसा शान्ति सद्भाव और भाईचारे के संदेश से लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ेगी वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की बधाई दी है आगरमालवा जिले में महावीर जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है